आईसीसी किकेट विश्वकप में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से

आज पहले दिन दिवंगत नेताओं शहीद जवानों और बाडमेर के जसोल हादसे के मृतकों के लिये शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई

कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि ग्रामीण और पंचायतीराज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया जाएगा इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा इन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में मृत्यू और स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई है

मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में शहीद कमांडेंट जितेन्द्र सिंह तथा शहीद नायब सूबेदार आराम सिंह गुर्जर और नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई में शहीद होशियार सिंह यादव के परिजनों को उनके विकल्प के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल का आवास आवंटित करने के निर्णय को भी मंजूर किया है

इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ समित शर्मा को श्रम विभाग में आयुक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया है गौरतलब है कि हाल ही में स्वास्थ्य मिशन में भर्तियों से संबंधित मामले में समित शर्मा का नाम चर्चा में था इधर कल देर रात जारी की गई इस सूची में भवानी सिंह देथा को स्वायत्त शासन विभाग का सचिव विकास सीतारामजी भाले को उदयपूर का संभागीय आयुक्त मुग्धा सिन्हा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव सिद्दार्थ महाजन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सचिव पद पर लगाया गया है

प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी होगी

उन्होंने नशे की लत को मनोवैज्ञानिक सामाजिक और स्वास्थ्य की समस्या बताया और कहा कि इस बूरी आदत के कारण देश के युवा अंधकार विनाश और तबाही की ओर बढ़ रहे हैं

पहली जुलाई से शुरू किये जा रहे जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत ये अधिकारी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योजना बनायेंगे

केन्द्रीय मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने इन दोनों नियुक्तियों को कल मंजूरी दी

कल जयपुर में अशोक नगर थाना परिसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉच किया गया

श्री गर्ग ने बताया कि टेबलेट में अब गवाहों के बयान ऑडियो और वीडियो फोरमेट में डाले जायेंगे जिसे परिवादी मना नहीं कर पायेगा और पुलिस जांच में पारदर्शिता आयेगी इस अवसर पर पुलिस मित्र प्रोजेक्ट की भी शुरूआत की गई इस परियोजना का उद्रेश्य ऐसे लोगों को पुलिस से जोडना है जो पुलिस के साथ सहभागी के रूप में काम करे

अगर आज भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जायेगा